नमस्कार प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शोभित

श्री मोदी इस दौरान पाँच सौ सत्तावन करोड़ रूपये लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे इसके अलावा श्री मोदी प्राइमरी विद्यालय के बच्चों से संवाद भी करेंगे

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों को स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया श्री मोदी ने कल वीडियों कांफेंसिंग के माध्यम से देशभर में इस अभियान का शुभारम्भ किया था प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले चार वर्ष पहले स्वच्छता की कवरेज चालीस प्रतिशत भाग में थी जो अब बढ़कर नब्बे प्रतिशत से ज़्यादा हो गयी है उन्होंने कहा कि कुछ ही लोगों ने कल्पना की होगी कि चार वर्ष के भीतर नौ करोड शौचालयों का निर्माण होगा और साढ़े चार लाख गांवों को खूले में शौच से मुक्त किया जायगा श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब चरम पर है तथा देश के हर वर्ग और आयु के लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं

सभी जिलों की ग्राम सभाओं में जनप्रतिनिधियों और पंचायती राज कर्मियों ने गॉव वालों के साथ बैठके आयोजित कीं जिसमें स्वच्छता कार्यक्रमों तथा इस सिलसिले में चलायी जा रही अन्य गतिविधियों से जुड़कर अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आहवान किया इन सभाओं का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में साफ सफाई की स्थिति पर नज़र रखना तथा भविष्य के लिए कार्य योजना बनाना है हमारे आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि राज्य के शहरी इलाको में सभी निकायों में स्वच्छता अभियान के चिन्हांकन और श्रमदान का क्रम भी जारी है उन्होंने बताया कि रेलवे की तरफ से स्वच्छता संवाद कार्यक्रम के तहत आज और प्रमुख कार्यालयों में सेमिनार विभिन्नर स्टेशनों पर पेन्टिग और पोस्टर प्रतियोगिता के आयोजन के साथ साथ सभी रेलवे स्टेशनों पर जन सूचना प्रणाली के जरिये पेपरलेस टिकट से यात्रा के लिए चेतना अभियान चलाया जायेगा

संगठन के स्वेच्छाग्रही नगर के किसी एक स्थल को चुनकर वहां हर रविवार को श्रमदान करते हैं इस संगठन से नगर की महिलायें और बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं क्लीन मेरठ टीम के सदस्य सोनाली अग्रवाल ने संगठन के उद्देश्यों के बारे में बताया बाइट सोनाली अग्रवाल मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं और मेरी टीम क्लीन मेरठ पिछले एक सौ पाँच हफ्तो से कार्य कर रही है हमारी टीम कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है स्वच्छ भारत का सपना जो नरेन्द्र मोदी जी ने हमें दिखाया उसको हम सब मिलकर साकार करेंगें हमारी टीम हर हफ्ते कोई एक क्षेत्र में जाती है वहाँ की सफाई करती है वहाँ के लोगों को जागरूक करती है

श्री योगी आज गोरखपुर में अटल जी की पहली मासिक पुण्य तिथि के अवसर पर आयोजित अटल स्मृति काव्यांजलि समारोह में बोल रहे थे श्री योगी ने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित था यही वजह थी कि वह सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा हर तबके को बिना भेदभाव के देने के न सिर्फ पक्षधर थे बल्कि अपने नेतृत्वकाल में उन्होंने इसे व्यवहारिक रूप में करके दिखाया अटल जी के निधन से न सिर्फ एक दल या वर्ग बल्कि पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में चार सौ तीन स्थानों पर आज काव्यांजलि कार्यक्रम हो रहें हैं काव्यांजलि समारोह में कवियों ने अटल जी की कविताओं का सस्वर पाठ किया तथा उनसे जुड़ी अपनी रचनायें भी सुनायीं

सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में कल रात नेशनल एसेम्बली को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आतंकवाद को अच्छे और बुरे के रूप में परिभाषित करना मौजूदा विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को एक बड़ी चुनौती बताते हुए श्री नायडू ने कहा कि इससे निपटने के लिए वैश्विक आतंकरोधी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है उन्होंने इस बात पर खुशी ज़ाहिर की कि सर्बिया भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के पक्ष में है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

श्री शर्मा कल शाम हाथरस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे एससी एसटी एक्ट में हाल ही में किये गये संशोधन को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों के विरोध प्रदर्शन के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि यह कानून सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है लेकिन इसकी आड़ में किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जायेगा जेल से रिहाई के बाद भीम आर्मी के प्रमुख चन्द्रशेखर रावण द्वारा सरकार और भाजपा विरोधी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आलोचना करने का अधिकार सभी को है लेकिन यदि कोई प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने और जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी

गाजियाबाद के लोनी में स्थित ट्रोनिका सिटी इलाके में आज सुबह अचार बनाने की फक्ट्री में काम कर रहे तीन मजदूरों की टैंक में गिरने से मौत हो गयी वरिष्ठ प्रलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने हादसे की प्रष्टि करते हुए बताया कि यह तीनों मज़दूर फैक्ट्री के बेसमेन्ट में बने टैंक को साफ़ कर रहे थे जिसमें गैस की वजह से इनका दम घुट गया उधर औरैया जिले के विधूना बेला मार्ग पर कैथावा मोड़ के पास दो वाहनों की आमने सामने टक्कर होने से वैन चालक और एक छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि चार लोग बुरी तरह घायल हो गये

यह इस वर्ष का पहला व्यवसायिक मिशन है एंटरिक्स कार्पोरेशन व्यवसायिक स्तर पर दो सौ अस्सी से ज्यादा विदेशी उपग्रह अन्तरिक्ष में भेज चुका है